नागौर सीकर अलवर और झूंझुनू में कल कई स्थानों पर ओले गिरे वहीं कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है और कुछ रेल गांडियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं जबकि राजधानी जयपुर सहित धौलपुर सवाईमाघोपुर और दौसा में कुछ स्थानों पर बारिश हुई आकाशीय बिजली गिरने से सीकर जिले में तीन और अलवर में दो लोगों की मौत हो गई

राज्यसभा ने कल इसे सर्वसम्मंति से पारित किया

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के मामले में क्रीमीलेयर के मानदंड लागू करने के पक्ष में नहीं है उन्हों ने कहा कि समाज के इन वर्गाँ के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा है और वे बेहद उपेक्षित रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण को उच्चतम न्यायालय ने भी सही ठहराया है

राज्यसभा ने विघेयक को कल मंजूरी दे दी लोकसमा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इसका उद्देश्य भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करना है विघेयक पर संक्षिप्त बहस का उत्तर देते हुए वित्ता मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एकीकृत प्राधिकरण बन जाने से विभिन्नि सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्धि हो जाएंगी उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित प्राधिकरण नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच के दायरे में होगा और देश के नियम कानून उस पर लागू होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने पर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है श्री मोदी ने एक ट्वीट में उन्हें आश्वस्त किया कि कोई भी उनके अधिकारों को छीन नहीं सकता और न ही उनकी पहचान संस्कृति और विकास पर इसका कोई असर पड़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार असम समझौते की धारा छह के अनुसार लोगों की राजनीतिक भाषाई सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य के सीमावर्ती जिलों में रह रहे पाक विस्थापितों ने विधेयक के पास होने पर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खूशी का इजहार किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के राज्यसभा में भी पास होने पर खुशी जताते हुए कहा कि पडोसी देशों से प्रताडित होकर आये हजारों लोंगों को इससे न्याय मिलेगा और वे सम्मान का जीवन जी सकेंगे

बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए एक दल ने उच्चतम व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया था